मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में जीएसटी के कार्यान्वयन और इसके प्रभाव को लेकर आयोजित एक बैठक में ये बात कही उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर दोषी ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों के विरूद्व सख्त कार्रवाई की जाएगी जयराम ठाक्र ने कहा कि सरकार ऐसी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है जिसके तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को तय समय अवधि से पूर्व परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग का ऑटोमेशन किया जाएगा ताकि निर्माणाधीन परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद ठेकेदारों से जुड़े विभिन्न मामलों के संबंध में विचार के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वर्षा ऋत के दौरान भूस्खलन संभावित स्थलों को चिन्हित कर पर्याप्त कर्मी और मशीनरी तैनात करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े प्रधानमंत्री संवाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सवेरे साढे नौ बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से सीधे बातचीत करेंगे बातचीत में दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदायल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के तहत काम करने वाले समूह भाग लेंगे इस बातचीत से प्रधानमंत्री को इन समूहों के सदस्यों से सीधे तौर पर यह जानने का अवसर मिलेगा कि वे किन गतिविधियों में लगे हुए हैं और ऐसी गतिविधियों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है यह बातचीत दूरदर्शन और एनआईसी वेबकास्ट पर भी उपलब्ध होगी मनोज सिन्हा केन्द्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने आज भारत संचार निगम लिमिटेड की टेलीफोन इंटरनेट सेवा का उदघाटन किया इस सेवा से लैंडलाइन नेटवर्क के जरिए ही मोबाइल पर इंटरनेट सेवा भी प्राप्त होगी जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग वीडियो कॉलिंग और अन्य गतिविधियां शामिल हैं इस सेवा का लाभ उठाने के लिए सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को बी एस एन एल की एप्लीकेशन विंग्स को डाउनलोड करना होगा और लैंडलाइन के नेटवर्क से मोबाइल को जोड़ना होगा इसके लिए मोबाइल में सिम कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी अनुराग सांसद अनुराग ठाक्र ने कहा है कि किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चला रही है एक बयान में उन्होंने कहा कि इसके लिए देशभर में नए गोदाम बनाए जा रहे हैं

अनुराग ठाकुर ने कहा कि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया है और इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है

कृषि निदेशक देसराज ने ये जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा किसानों को बड़े स्तर पर ट्रैक्टर पावर टिल्लर और पावर वीडर उपदान पर मुहैया करवाए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत सरकार द्वारा पहाड़ी खेती के लिए किसानों को नए उपकरण और आधुनिक मशीनरी के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है देसराज ने बताया कि प्रदेश में कृषि उपकरण सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिनके माध्यम से गरीब किसान व बागवान किराए पर उपकरण ले सकेंगे बलदेव तोमर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता बलदेव तोमर ने सिरमौर ज़िले के पांवटा में मंत्रिमंडल द्वारा नगर नियोजन कार्यालय खोलने को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है एक बयान में उन्होंने कहा कि इससे लोगों को अपने मकान के नक्शे पास करवाने सहित अन्य कार्यों के लिए नाहन नहीं जाना पड़ेगा

कोटला बड़ोग में गौ अभ्यारण्य की आधारशिला रखने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया समिति बैठक प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अधीनस्थ विधायन और मानव विकास समितियों की दो दिवसीय बैठकें आज संपन्न हुई अधीनस्थ विधायन समिति ने प्रदेश कार्मिक विभाग से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के भर्ती व प्रोन्नति नियमों को संवीक्षा के बाद अनुमोदित किया